मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की श्री चौहान आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे सूत्रों से खबर है कि श्री चौहान आज देर रात भोपाल आ सकते हैं और कल वे अपने मंत्री मंडल का विस्तार करेंगे इस बीच प्रदेश की प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कल सुबह लखनउ से यहां पहचेंगी वे पहले स्वयं शपथ ग्रहण करेंगी गौरतलब है कि उन्हें कल ही मध्यप्रदेश के राज्यपाल पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है राज्यपाल लालजी टंडन के अस्वस्थ होने के चलते उन्हें यह प्रभार सौंपा गया है

सकिय प्रकरणों की संख्या ढ़ाई हजार के आसपास बनी हुई है

जिला प्रशासन ने भीड़ वाले बाजार रविवार को बंद रखने मॉस्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर जुर्मानें की कार्यवाही के निर्देश दिये हैं खाद्य प्रसंस्करण केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने सभी राज्यों और निवेशकों से अपील की है कि मौजूदा चुनौतियों को देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए अवसरों में बदला जाए उन्होंने वीडियो कांफ्रेस में कहा कि शुरू से ही देश के कोने कोने तक आवश्यक वस्तुएं खासतौर से खाद्य वस्तुए उपलब्ध कराने के लिए सरकार के प्रयास के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन सफल रहा श्रीमती बादल ने बैठक में शामिल सभी लोगों से आत्मनिर्भर बनने और स्थानीय उत्पादों का इस्तेमाल करने के प्रधानमंत्री के अनुरोध का पालन करने को कहा उन्होंने कहा कि पारम्परिक देशों की तुलना में नए देश भारत से खाद्य वस्तुओं के आयात पर विचार कर रहे हैं

डॉ मिश्रा कल गोहद कृषि मंडी परिसर में विजय संकल्प सभा को संबोधित कर रहे थे

मौसम विभाग के अनुसार नमी और धूप के प्रभाव के कारण राज्य के अनेक स्थानों पर बारिश हो रही है उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति अगले दो तीन दिनों तक बनी रह सकती है विभाग ने शहडोल रीवा और जबलपुर संभागों में अनेक स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई है सागर भोपाल होशंगाबाद एवं उज्जैन संभागों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार है

इस वर्ष गोष्ठी का विषय अच्छा स्वास्थ्य खुशहाली और लैंगिक समानता है